प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर राजनीति गरमाई भाजपा ने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं केन्द्रीय कौशल विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण से आत्मनिर्भर हो रही हैं प्रदेश की महिलाएं ग्वालियर छतरपुर शिवपुरी सहित कई इलाकों में ओले और बारिश से हुआ फसलों को नुकसान कोरोना वायरस प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच को जरूरी किया गया है मुख्य सचिव एस आर मोहन्ती ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि विदेशों से आये यात्रियों विशेषकर चीन से आये यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवाया जाये

राज्य के शाजापुर अशोकनगर अनूपपुर छतरपुर पन्ना मंडला बैतूल धार जिलों में भी कोराना वायरस की रोकथाम के लिये एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं राजनीति मप्र प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि भाजपा माफिया के साथ मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है उन्होंने यह भी दावा किया की सरकार को कोई खतरा नहीं है वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस खूद अंतर्कलह से घिरी हई है भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है उधर आगरमालवा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि विधायकों को लेकर पूरा घटनाकम कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है चुनाव तैयारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण तोमर ने आज मुरैना मे जौरा विधानसभा उप चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने इस दौरान मुरैना में बनाये गये ईवीएम गोदाम मतदान केन्द्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास सहित चुनाव तैयारियों से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की श्री तोमर ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कहानी संग्रह का कल नई दिल्ली में विमोचन करेंगी

इससे महिलाएं न सिर्फ सशक्त हुई हैं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी आत्म निर्मर होने की प्रेरणा दे रही हैं

इस अवसर पर उन्होंने नानाजी देशमुख का स्मरण करते हुए कहा कि उनका कार्य यज्ञ की तरह था जिनसे लोगो में ऊर्जा का संचार होता था राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने नानाजी के काम को नजदीकी से देखा है वे कहा करते थे कि जिस दिन गांव जाग जाएंगे उस दिन द्निया बदल जाएगी कुलाधिपति ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की इससे पहले उन्होंने सियाराम कुटीर पहुंचकर नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की मध्यालोक मध्यप्रदेश से इलाज के लिये मुंबई जाने वाले प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को मध्यालोक भवन मुंबई में रूकने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

इसके लिये संबंधित व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

इस मौके पर पर्यटकों को ग्वालियर से ओरछा और ओरछा से ग्वालियर के लिए विशेष हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जायेगी जिससे पर्यटक ओरछा का बिहंगम दृश्य भी देख सकेंगे यह यात्रा पांच मिनट की होगी और हेलीकॉप्टर में पांच व्यक्ति ही सवार हो सकेंगे मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम का मिजाज बदल गया है ग्वालियर चंबल संभाग में आज सुबह से ही घने बादल छा गये और गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई वहीं छतरपुर जिले के कई गांवों में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा और अमोला में एक बार फिर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है बारिश और ओलावृष्टि से यहां तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने इन क्षेत्रो में दो दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई है

सीधी जिले के चुरहट में भी स्वर्गीय सिंह का पुण्य स्मरण किया गया

जबलपुर जिले के तिलवारा थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी के पूल में लगी जाली के गिर जाने से नदी में नहा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं तीन लोग घायल हो गये